विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन बारह और बीस नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

नामांकन पत्र जांच प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है छब्बीस अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं जैसी कि खबर दी जा चुकी है कल प्रदेश में पहले चरण के तहत अट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था इस चरण में कुल चार सौ इक्कीस नामांकन पत्र जमा किए गए हैं

कल अंतिम दिन ही उम्मीदवारों ने तीन सौ तेईस नामांकन पत्र जमा किये सबसे अधिक पैंतालीस उम्मीदवारों ने राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदान दिवस अवकाश प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बारह और बीस नवंबर को मतदान होगा इन दोनों दिनों के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है गौरतलब है कि राज्य में दो चरणों में मतदान होना है पहले चरण में अट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए बारह नवम्बर को वोट डाले जाएंगे वहीं दूसरे चरण में बाकी बहत्तर विधानसभा सीटों के लिए बीस नवम्बर को मतदान होगा सी विजिल ऐप राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल यानी सिटीजन विजिल ऐप पर लोगों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है ऐप के शुरू होने के बाद सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह स्वयं हर दिन मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं श्री साहू ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान एंड्रायड आधारित ऐप शुरू कर आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई के लिए सीधे आयोग को शिकायत पहुंचाने की व्यवस्था की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उस घटना तस्वीर और वीडियो को इस ऐप पर भेजा जा सकता है निर्वाचन आयोग दिव्यांगजन भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान मध्यप्रदेश मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों की रचनात्मक भागीदारी के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं आयोग ने सामान्य फोटो मंतदाता पर्ची के अलावा दुष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि वाली फोटो मतदाता पर्ची जारी करने के आदेश दिए हैं व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले मतदाताओं के लिए रैम्प की व्यवस्था करने को भी कहा गया है ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी आयोग ने इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि मतदान वाले दिन दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था की जाए साथ ही उन्हें सार्वजनिक परिवहन के लिए मुफ्त पास भी दिए जाएं संबित पात्रा पत्रकारवार्ता भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नीतियों से जनता को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है आज राजनांदगांव में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किसानों गरीबों और आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है उन्होंने डॉक्टर सिंह को देश के चुनिंदा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक बताया भाजपा चुनाव समिति विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रांतीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संयोजक बनाया गया है साथ ही सौदान सिंह सरोज पाण्डेय रामविचार नेताम विष्णुदेव साय और रमेश बैस को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है आप उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने बताया कि जैजैपुर से मार्तण्ड सिंह बनाफर कसडोल से श्यामा चरण साह कुनकुरी से असुनदेव साय पैकरा पंडरिया से राजेश साहू और बेमेतरा से फारुख अली को नया प्रत्याशी बनाया गया है एनसीपी स्टार प्रचारक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए पच्चीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और महासचिव प्रफुल्ल पटेल सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जग्गी को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है गौरतलब है कि एनसीपी ने राज्य की नब्बे विधानसभा सीटों में से चालीस सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है इसके तहत पार्टी द्वारा पहले चरण के चुनाव के लिए तेरह प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है पटाखा निर्देश दीपावली पर्व के दौरान इस बार रात आठ से दस बजे के दौरान ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि आम जनता उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करे और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि ज्यादा प्रद्रषण फैलाने वाले पटाखों और लड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐसे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है जिनसे ध्वनि और वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर और निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे पर्यावरण हितैषी पटार्खो के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है जिनसे प्रद्रषण नियंत्रित रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस आदेश का पालन करें इसी कड़ी में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश में क्रिसमस और नये वर्ष के अवसर पर रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट से बारह बजकर तीस मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है अन्राग जमानत प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंबिकापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंहदेव को तेरह वर्ष पुराने चक्काजाम के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है गौरतलब है कि इस मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए स्थाई वारंट को निरस्त करने के लिए अनुराग सिंहदेव ने आवेदन किया था अंबिकापुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था आज उन्हें इस मामले में जमानत दे दी गई जवान मौत सुकमा जिले में चुनाव ड्यूटी में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई बताया जाता है कि यह जवान तोंगपाल के पोटाकेबिन में ड्यूटी कर रहा था इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई इसके बाद उसे जगदलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई चार सौ पंद्रह बटालियन का यह जवान उत्तराखंड के अलमोड़ा जिले का रहने वाला था वहीं सुकमा में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली

इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ सप्ताह के पहले दिन उनतीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे राज्य के सभी सरकार दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी संक्षिप्त समाचार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र समिति की आज बैठक हुई इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए बैठक में समिति के अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल ने घोषणा पत्र के मसौदे को लेकर सभी पदाधिकारियों से चर्चा की

इस दिन राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों में रैली निकाली जाएगी और देशभक्ति पर केंद्रित कबीरधाम जिले के पोड़ी पुलिस चौकी के पास एक यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है